और बेगूसराय में पुलिस ने मुठभेड़ में तीन अपराधियों को मार गिराया

सूत्रों ने बताया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एक सप्ताह के भीतर इस संबंध में नियमावली बनायेगा इसके बाद यह कानून लागू हो जायेगा पिछले दिनों लोकसभा और राज्यसभा ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में दस प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी विधेयक को पारित किया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि ने वर्षो से उपेक्षित गरीब सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के फैसले से आधुनिक भारत और मजबूती से उभरेगा श्री मोदी आज नई दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि यही कारण है कि आज देश के सभी राजनीतिक दल अपने गुनाहों को छुपाने के लिए एकजुट होकर भाजपा के विरोध में खड़े हैं

श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से केन्द्र सरकार की योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने का आहवान किया लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने साथ साथ चुनाव लड़ने की घोषणा की है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारों को लेकर अंतिम तौर पर समझौता हो गया है इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बसपा और सपा ने गठबंधन कर कांग्रेस को दरकिनार कर दिया है और उसकी हैसियत बता दी है उन्होंने कहा कि बिहार में चालीस में से बारह सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाली कांग्रेस की गलतफहमी जल्द दूर होने वाली है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है आज समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि चौदह जनवरी के बाद इसपर अंतिम रूप से फैसला कर लिया जायेगा पशुपालन विभाग ने कहा है कि पटना स्थित जैविक उद्यान के साथ साथ बांका और मुंगेर में बर्ड फलू की पुष्टि हुई है विभाग की सचिव डॉक्टर एन विजयालक्ष्मी ने बताया कि पूरे राज्य को तीन प्रक्षेत्र में बांटकर बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए उचित कार्रवाई की जा रही है उन्होंने लोगों से बर्ड फ्लू से नहीं घबराने की अपील की श्रीमती विजयालक्ष्मी ने आंध्रप्रदेश से आने वाली मछलियों में फॉर्मलिन की पुष्टि होने के बाद इसका सेवन नहीं करने की लोगों से अपील की है बेगूसराय जिले के चेरियाबरियारपुर थाना क्षेत्र के मेहदा शाहपुर स्थित मुसहरी में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने तीन अपराधी को मार गिराया मारे गये अपराधियों में कुख्यात सुमंता और धरमा भी शामिल है प्रलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने बताया कि मारे गये सभी अपराधी वर्षों से फरार चल रहे थे उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को देखने के साथ ही अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इलाके की नाकेबंदी कर सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है मूजफ्फरपूर बालिका गृह यौन शोषण मामले में सीबीआई ने आज एक और आरोपी विक्की को गिरफ्तार किया है वह इस मामले में नाम आने के बाद से फरार चल रहा था जांच एजेंसी ने सदर थाना क्षेत्र के पताही से ये गिरफ्तारी की है गिरफ्तार आरोपी ब्रजेश ठाकुर की सहयोगी मधु का रिश्तेदार बताया जाता है इधर पुलिस मधु को भी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है केन्द्र सरकार ने नमामि गंगे परियोजना के तहत पटना के मनेर में इकतालीस करोड़ रूपये से अधिक की लागत वाली सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को मंजूरी दे दी है केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री रामकृपाल यादव ने यह जानकारी दी गया जिले के बुनियादगंज थाना क्षेत्र अन्तर्गत पटवा टोली में पिछले दिनों एक किशोरी की हत्या के मामले में उसके माता पिता को कथित तौर पर फंसाये जाने के विरोध में पैंतालीस हजार से अधिक ब्रनकर हड़ताल पर चले गये हैं हड़ताल के कारण पन्द्रह हजार पावरलूम में काम ठप है स्थानीय लोगों का आरोप है कि ऑनर किलिंग का नाम देकर पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है भागलपुर के विक्रमशिला सेतु से लेकर नवगछिया होते हुये राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या इकतीस पर कटिहार तक पिछले पैंतीस घंटों से भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है गुरूवार देर रात जाम लगा था जो अभी तक लगा हुआ है पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी जाम हटाने में जुटे हुये हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का तीन सौ बावनवां प्रकाश पर्व पारंपरिक उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है तीन दिवसीय प्रकाशोत्सव के क्रम में आज पटना सिटी के गायघाट से भव्य नगर कीर्तन निकाला गया है जो अशोक राजपथ होते हुए रात में तख्त श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचेगा कल दिवान साहेब में दशमेश गुरू के जन्म का मुख्य समारोह होगा गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मोत्सव पर कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक स्मारक सिक्का का लोकार्पण करेंगे स्वामी विवेकानन्द की एक सौ छप्पनवीं जयंती के अवसर पर प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किये गये हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में लोगों ने स्वामी विकेकानंद के बताये मार्गों पर चलने की शपथ ली आकाशवाणी के समाचारों में मोबाइल पत्रकारिता के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आकाशवाणी के अंशकालिक संवाददाताओं के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का आज समापन हो गया आकाशवाणी पटना क्लब में आयोजित कार्यशाला में काठमांडू में प्रसार भारती के विशेष संवाददाता राजकुमार ने प्रतिभागियों को मोबाईल पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं के विषय में जानकारियां दी उन्होंने कहा कि मोबाईल के नये तकनीकों का इस्तेमाल कर समाचार संकलन और संप्रेषण को और प्रभावी बनाया जा सकता है गूजरात के मोरबी वाध्का के एक व्यापारी से एक करोड़ उनहत्तर लाख रूपये ठगी के मामले में नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के मुरला चक से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है गूजरात पूलिस ने बिहार पूलिस की सहायता से ये गिरफ्तारियां की है दोनों आरोपी शेखपुरा के रहने वाले बताये जाते हैं सीवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के छोटका मांझा गांव में भूमि विवाद को लेकर एक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या कर दी गयी जबकि दो अन्य गम्भीर रूप से घायल हैं

पटना जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के हड़ताली मोड़ के पास से पुलिस ने विद्युत विभाग में पदस्थापित तीन अभियंताओं समेत पांच लोगों को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अभियंता नालंदा और दरभंगा में पदस्थापित हैं जमुई जिले के संकुराहा पंचायत के मुखिया को इंदिरा आवास मामले में अनियमितता बरतने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुख्यात गोलू सिंह समेत तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है

और बेगूसराय में पुलिस ने मुठभेड़ में तीन अपराधियों को मार गिराया